प्रधानमंत्री मोदी के रात आठ बजे से नौ बजे के बीच सत्र को संबोधित करने की संभावना है प्रधानमंत्री अपने संबोधन में गरीबी हटाने सुलभ स्वास्थ्य देखभाल तथा आतंकवाद और जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सरकार के प्रमुख उपायों की चर्चा कर सकते हैं विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद के अलावा वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने की एकजुट कार्रवाई का विशेष रूप से उल्लेख होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे समय हो रहा है जब भारत विश्व स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निमाने के लिए तैयार है लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और रैंकिंग में भारत की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है पर्यटन पुरस्कार उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन प्रस्कार कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को पर्यटन की विभिन्न श्रेणियों में दस राष्ट्रीय प्रस्कार प्रदान किये यह पुरस्कार प्रदेश के पर्यटन सचिव फैज अहमद किदवई ने पुरस्कार प्राप्त किये

उधर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में बताया कि प्रदेश के तीन शहरों ओमकारेश्वर इंदौर उज्जैन को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व व्यापी बनाया जायेगा ताकि विश्व के लोग भी इन पर्यटन स्थलों को देख और जान सकेंगे पर्यटन नगरीय खजुराहों में भी आज पर्यटकों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया संसदीय सम्मेलन विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने कहा है कि संसदीय प्रक्रिया में नवाचार की प्रसांगिकता आज के संदर्भ में अपरिहार्य है युगांडा की राजधानी कम्पाला में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रयोगधर्मिता प्रभावी संसदीय प्रक्रिया के लिए पारिणामिक होगी

सम्मेलन में विधानसभा के प्रमुख सचिव ए पी सिंह भी भाग ले रहे हैं

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा

अगले दिन रविवार से नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने के मद्देनजर प्रदेश में भीड़ के बेहतर प्रबंधन और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गये हैं राज्य पुलिस द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि त्योहारों के मद्देनजर सभी जिलों में पुलिस प्रशासन आवश्यक व्यवस्थाएं करें जिससे अप्रिय घटनाओं को रोकने में मदद मिले निर्देशों में कहा गया है कि सर्वपितमोक्ष एवं शनिश्चरी अमावस्या के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज शाम से ही राज्य में विभिन्न नदियों के घाटों और धार्मिक स्थलों पर जुटना प्रारंभ हो जाएंगे निर्देशों में राज्य में प्रमुख धार्मिक स्थलों और संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने और तलाशी के निर्देश भी दिए गए हैं

श्री कांताराव ने आज निर्वाचन व्यय की निगरानी से जुड़ी तमाम एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की

श्री राव ने मतदाताओं को प्रलोभन देकर मतदान को प्रभावित करने वाली हर गतिविधि को सख्ती से रोकने और नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये

उपच्नाव परिणाम छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में आज हुई मतगणना में कांग्रेस उम्मीदवार देवती कर्मा विजयी हुई हैं

राजगढ़ क्पोषण राजगढ़ जिले में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर ने एक नई मुहिम शेम फी राजगढ़ शुरू की है

आज सुबह से राजधानी भोपाल में धूप खिली लेकिन शाम होते होते बादल धिर आये जमकर बरसात हुई